देश के नाम एक संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह मिशन शक्ति एक बहत कठिन अभियान था जिसे सफलतापूर्वक पूरा किया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि यह क्षमता हासिल करने वाला भारत चौथी अंतरिक्ष शक्ति बन गया है देश को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मिशन शक्ति तेज गति वाला एक बहुत ही जटिल अभियान था जिसे असाधारण सुक्ष्मता के साथ हासिल किया गया यह सफलता भारत के वैज्ञानिकों के असाधारण कौशल और देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम की सफलता का परिचायक है प्रधानमंत्री ने इस सफलता के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वैज्ञानिकों को बधाई दी और मिशन शक्ति को एक असाधारण उपलब्धि बताया उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति का उद्देश्य भारत की समग्र सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि भाजपा के प्रत्याशी घोषित होने के बाद कांग्रेस पार्टी घबरा रही है और यही कारण है कि अभी तक अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है कांगड़ा जिले के नूरपूर में आज भाजपा युवा मोर्चा नूरपूर मंडल के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा देश के भविष्य है और उनकी ऊर्जा व क्षमता का सकारात्मक दोहन राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाता है जयराम ठाकुर ने युवा शक्ति को जमीनी स्तर पर कार्य करने की जरूरत बताते हुए पार्टी की नीतियों व सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का आहवान किया उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश ने विश्व मानचित्र पर अलग पहचान बनाई है और उन्हें दोबारा देश की कमान संभालने के लिए हिमाचल की चारों सीटों पर भाजपा को जीत दिलानी होगी इस मौके मुख्यमंत्री ने कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी किशन कपूर के लिए लोगों से समर्थन मांगा सम्मेलन में वरिष्ठ भाजपा नेता शांता कुमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी किशन कपूर सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्त्ता मौजूद रहे मतदाता जागरूकता लोकसभा चुनाव में लोगों को मताधिकार के महत्व के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ऊना के संतोषगढ़ में स्वीप कार्यक्रम के तहत आईटीआई के विद्यार्थियों को वोट की ताकत के बारे में बताया गया इस दौरान चुनाव प्रक्रिया ईवीएम और वीवीपैट के बारे में भी स्वीप टीम के सदस्यों ने जानकारी दी उधर धर्मशाला में छूटे हुए नए मतदाताओं के मतदाता पहचान पत्र बनाने के लिए एक से पांच अप्रैल तक विशेष अभियान चलाया जाएगा अतिरिक्त उपायुक्त राघव शर्मा ने बताया कि वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से वोटर आईडी कार्ड के बारे में जरूरी जानकारी हासिल की जा सकती है इधर शिमला जिला के कसुमपटी और शिमला शहरी निर्वाचन क्षेत्रों में स्वीप कार्यक्रम के तहत लोगों को शत प्रतिशत मतदान के प्रति प्रेरित किया गया है इस दौरान शिमला के गेयटी थियेटर में लगाई गई तीन दिवसीय मतदाता जागरूकता चित्र प्रदर्शनी आज सम्पन्न हुई फील्ड आउटरीच ब्यूरो द्वारा लगाई गई इस प्रदर्शनी में मतदान प्रक्रिया के बारे में विभिन्न जानकारीयुक्त चित्र प्रदर्शित किए गए श्याम सरण नेगी भारत के प्रथम मतदाता और किन्नौर के निवासी मास्टर श्याम सरण नेगी की अनुमति के बिना उनकी फोटो के साथ चौकीदार लिख कर उसका सोशल मीडिया पर प्रचार करने का जिला निर्वाचन विभाग ने कड़ा संज्ञान लिया है कल्पा के एसडीएम सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि इस बारे में उन्होंने श्याम सरण नेगी से मुलाकात कर वस्तुस्थिति की जानकारी ली है उन्होंने बताया कि नेगी ने ऐसी अनुमति नहीं देने की बात कही है और निर्वाचन विभाग ने इस मामले में प्रदेश भाजपा के आईटी सैल के पूर्व संयोजक रवि राणा को नोटिस जारी किया गया है इस बीच किन्नौर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सूर्य बोरिस ने कहा है कि ऐसा करके भाजपा लोकसभा चुनाव में फायदा उठाना चाहती है बैठक राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी द्वारा एचआईवी एड्स की रोकथाम के लिए आज शिमला में एक अंतर विभागीय बैठक का आयोजन किया गया स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी धीमान ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि विभिन्न विभाग एड्स पर नियंत्रण व रोकथाम के प्रति जागरूकता लाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं

बैठक में एचआईवी से संबंधित विभिन्न सामाजिक और आर्थिक घटकों पर विचार किया गया

पहली उड़ान भुंतर गोंदला भुंतर दूसरी भुंतर उदयपुर भुंतर और तीसरी उड़ान भुंतर स्टिंगरी भुंतर के बीच भरी जाएगी यह सभी उड़ाने मौसम पर निर्भर करेंगी